शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पर मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना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

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में चार सौ निन्यान्बे लोगों ने कोरोना को मात दी वहीं चार सौ पैंतीस नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा तीन संक्रमितों की मौत की पृष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा एक सौ उनसठ संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई जबकि रांची से ही सबसे ज्यादा एक सौ तीन नए कोरोना संक्रमित भी मिले हैं इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम से दो और गोड्डा में एक संक्रमित की मौत हो गई इधर पूरे राज्य में अबतक तीस लाख अंठावन नौ सौ चौवन सैंपलों की जांच हो चुकी है इसमें उनतीस लाख उनसठ हजार नौ सौ नौ की रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि निन्यान्बे हजार पैंतालीस कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं इनमें बियान्बे हजार एक सौ अठाइस लोग स्वस्थ हो चुके हैं और छह हजार पचपन संक्रमितों का इलाज चल रहा है वहीं आठ सौ बासठ की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर तिरान्बे दशमलव शून्य एक प्रतिशत पहुंच गई है जबकि मृत्यु दर घटकर शून्य दशमलव आठ सात प्रतिशत हो गई है झारखंड में द्मका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए हो रहे उच चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन के समर्थन में कई चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे उधर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉ लुईस मरांडी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूललाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने प्रचार अभियान चलाया इसके अलावा विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा बेरमो और दुमका में अपने अपने प्रत्याशियों के समथर्थन में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उधर दुमका जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है इस सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायक्त ने चुनाव को लेकर बनाए गए विभिन्न कोषांगों का निरीक्षण किया

मंत्रालय के अनुसार स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने रबी मौसम के एक लाख मीट्रिक टन के सुरक्षित भंडार में से प्याज उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं मंत्रालय ने कहा है कि खुले बाजार में प्याज की बिक्री की जा रही है और कीमतें कम करने के लिए इसकी आपूर्ति बढ़ाई जाएगी

उन्होंने आवश्यकताओं के अनुरुप कृषि तकनीक और फार्म मैकनिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया उन्होंने कल रांची जिले में कृषि विभाग के विभिन्न संस्थानों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने इन संस्थानों में चल रही योजनाओं की जानकारी ली कृषि सचिव ने नर्सरियों में उच्च गुणवत्ता वाले पौधे के बेहतर रख रखाव और उससे राजस्व बढ़ाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम तथा न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा

कोडरमा नगर पंचायत की ओर से सताईस अक्टूबर को आवास मेले का आयोजन किया जाएगा इस मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरे चरण के बोनाकली किफायती आवास योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित किए गए शर्तों को पूरा करने वाले लोग अपना निबंधन करा सकते है इस योजना के तहत आवास की कीमत तीन लाख बारह हजार रुपए है जिसे पांच किस्तों में जमा करना होगा झारखंड सशस्त्र पुलिस गृहरक्षा वाहिनी और पंचायत सचिव सह लिपिक के नव चयनित अभ्यर्थियों ने वित्त मंत्री रामेश्वर उराव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आश्वासन के बाद पिछले बीस दिनों से चल रहे धरना कार्यक्रम को वापस ले लिया है रांची के मोरहाबादी मैदान में वित्त मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बनाई गई समिति ने इन अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार से बातचीत की जाएगी पलामु जिले को दो अलग अलग इलाकों में दो लोगों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है पहली घटना चैनपुर थाना क्षेत्र की है जहां एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी

वहीं छतरपुर थाना क्षेत्र में भी अपराधियों ने पाटन के एक युवक की हत्या कर दी पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है शारदीय नवरात्र में आज महाअष्टमी की पूजा अर्चना की जा रही है श्रद्वालु सुबह से ही मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की आराधना कर रहे हैं इसके उपरांत सुबह के ग्यारह बजकर सताइस मिनट पर संधि बेला के साथ महानवमी भी शुरू हो जाएगी महाअष्टमी को लेकर मंदिरों और पूजा पंडालों में मां की पूजा के लिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं उधर कल सप्तमी को राज्य भर में पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए हालांकि कोरोना की वजह से इस बार सादगी के साथ सभी पंडालों में दुर्गा पूजा की जा रही है गिरिडीह जिले में दुर्गापूजा के दौरान लोगो को कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनने की अपील की जा रही है

इसके लिए जलाशयों के पास जलकुंड बनाया जा रहा है जलाशयों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए पूजन सामग्री भी विसर्जन के पूर्व अलग किए जाएंगे इस सिलसिले में रांची नगर निगम के पदाधिकारियों की टीम ने विभिन्न जलाशयों का जायजा लिया नगर आयुक्त ने बताया कि प्रतिमा के अवशेषों को विसर्जन के अड़तालीस घंटे के अंदर निकाल लिया जाएगा इधर विभिन्न पूजा पंडालों के पास तीन शिफ्ट में साफ सफाई की जा रही है संक्षिप्त खबरें संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं

प्रारंभिक परीक्षा चार अक्टूबर को हुई थी

यूनियन की कोर कमिटि की कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहल गांधी की सभा और राज्य में जेरेडा के निदेशक समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिए आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिंदुस्तान ने प्याज के दाम को काबू करने के लिए भंडारण की सीमा तय किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक प्रभात खबर ने नौ से ज्यादा पशु पालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी लिये जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है दैनिक भास्कर ने पीने के पानी और भूजल की बर्बादी पर पांच साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान लागू करने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा राज्यों को भेजे गए पत्र की खबर को पहले पन्ने पर लिया है दैनिक जागरण ने साहेबगंज में नाबालिग से दुष्कर्म की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अब अखबारों की सुर्खियां रांची एक्सप्रेस ने ईडी द्वारा कोयला खदान आवंटन मामले में एक व्यावसायी के लगभग बारह लाख रुपए अटैच किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर छापा है अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने देश में कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या घटकर सात लाख से कम होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है